जनऔषधि केंद्र की किफायती दवाओं का उपयोग करने को कहा

के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आज अल्मोड़ा जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्दे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

जन औषधि केन्द्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केन्द्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है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 श्री मोदी ने बताया कि इन केन्द्रों के जरिए लोगों को अब तक नौ हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है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

प्रधानमंत्री ने बताया कि देशभर में एक हजार से अधिक जन औषधि केन्द्र महिलाएं संचालित कर रही हैं इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गाँधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के साढे सात हजारवें जन औषधि केन्द्र को राष्ट्र को समर्पित किया

देहरादून जन औषधि दिवस राजधानी देहरादून में जन औषधि दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया

इससे गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत मदद मिली है इस अवसर पर लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने कहा की जन औषधि परियोजना से गरीबों को समान अधिकार मिला है और उनके जीने की राह आसान हुई है उन्होंने जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कार्यक्रम के आयोजक मुकेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन से मनोबल बढ़ा है उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान भी सस्ती और असरदार दवाइयों का वितरण जारी रहा

इस उपलक्ष्य में देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लच्छीवाला में प्रदेश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें केंद्रीय राजमार्ग व भू तल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे इसके साथ ही प्रदेश की सभी विधानसभाओं में भी इस दौरान कार्यक्रम आयोजित किये जाऐगें बैठक में प्रदेश पार्टी और संगठन को मजबूती से आगे ले जाने के लिए बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए भी चर्चा की गयी श्री रावत ने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही अनेक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने हेतु भी निर्देशित किया

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनायें देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है

पुलिस महानिदेशक ने बागेश्वर में जन संवाद कार्यक्रम में यह बात कही

चौराहों पर ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी जन संवाद कार्यक्रम के दौरान ड्रग्स माफिया और साइबर अपराध को लेकर भी चर्चा की गई पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ड्रग्स सरगनाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि लोगों के सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ऊधमसिंहनगर और रुड़की में अपराध का ग्राफ कम हो रहा है उन्होंने बताया कि पुलिस में सुधार के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं निरीक्षण प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने आज अल्मोड़ा जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का निरीक्षण किया और कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये उन्होने कहा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार अल्मोड़ा मेडिकल कालेज के अवशेष कार्य जल्द से जल्द पूरे किये जाने है ताकि एमसीआई निरीक्षण के दौरान अल्मोड़ा मेडिकल कालेज को प्रथम एलओपी की स्वीकृति मिल सके श्री नेगी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस वर्ष से यहां कक्षाएं संचालित हो सके इसको देखते हुए यहां जल्द से जल्द सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है इस दौरान उन्होने निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के सभी ब्लॉको का भी निरीक्षण किया लिंग परीक्षण हरिद्वार जिले में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और पीएनडीटी की टीम ने लिंग परीक्षण कर रहे एक क्लीनिक पर छापा मारा है हरिद्वार के रूड़की क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम को काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि यहां एक क्लीनिक में लिंग परीक्षण किया जा रहा है

क्लीनिक से अल्ट्रासाउंड मशीन और लिंग जांच के अन्य उपकरण भी मिले हैं आरोपी डॉक्टर एनडी अरोड़ा को पहले भी लिंग परीक्षण मामले में गिरफ्तार किया गया है कुंभ मेला हरिद्वार जिले के मेलाधिकारी दीपक रावत से आज मायापुर कैंप कार्यालय में अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक शंकराचार्य स्वामी महेशाश्रम महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रहमानंद महाराज राष्ट्रीय महामंत्री शंकराश्रम महाराज ने मुलाकात की इस अवसर पर संतों ने श्री रावत से महाकुम्भ के दौरान दंडी सन्यासियों के लिये भी समुचित प्रबन्ध करने की मांग रखी मेलाधिकारी ने कहा कि महाकुम्भ मेले में आने वाले सभी साधु सन्यासियों और श्रद्वालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है संतों को किसी प्रकार की परेशानी नही होगी इसके साथ ही मेलाधिकारी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होने वाले शाही स्नान के दृष्टिगत कुम्भ मेला क्षेत्र में शौचालयों और यूरिनल के समुचित प्रबन्ध और साफ सफाई रखने के निर्देश अधिकारियों को दिये मौसम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ ब्रंदा बांदी की खबर है मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बर्षा के साथ साथ चमोली पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना है

इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में ओला वृष्टि और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस महीने वर्च्यअल माध्यम से आयोजित होगा इस कार्यक्रम की यह चौथी कड़ी होगी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों से आगामी परीक्षाओं के बारे में व्यापक बातचीत करेंगे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर जारी है

कार्यक्रम में भाग लेने वालों का चयन माईजीओवी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिता से किया जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि है